उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होने की संभावना निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले के अड़तालीस घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र को अब आदर्श आचार संहिता का भाग बना दिया है इसके लिए पार्टियों के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नियमों का पालन करना जरूरी है संशोधित आदर्श आचार संहिता के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ पंचानवे की धारा एक सौ छब्बीस के अंतर्गत प्रतिबंधित अवधि के दौरान एक चरण के मतदान के चूनाव के लिये घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा इसमें यह भी कहा गया है कि एक से अधिक चरण के मतदान की स्थिति में भी प्रतिबंधित अवधि के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन की धारा एक सौ छब्बीस में स्पष्ट किया गया है कि मतदान से अड़तालीस घंटे पहले किसी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगी रहेगी राज्य में ग्यारह अप्रैल को लोकसभा चुनाव के चार सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान के लिये कल से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू होगा इसके साथ ही नवादा विधान सभा का उप चुनाव भी कराया जा रहा है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र भरने का काम ग्यारह बजे से तीन बजे तक होगा चारों सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है जबकि उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी छब्बीस मार्च को होगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे पदाधिकारी ने कहा कि अनारक्षित सीट पर नामांकन के लिये जमानत राशि पच्चीस हजार रूपये और आरक्षित सीट के लिये साढ़े बारह हजार रूपये होगी पहले चरण के चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान के दौरान नई दिल्ली से सीधे इन केंद्रों पर नजर रखी जायेगी इसके साथ ही चार्टर्ड विमानों से आने वाले यात्रियों को अपनी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी लोकसभा चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इस बार कुछ नई जानकारियां पहली बार देनी होगी उम्मीदवार इस बार शपथ पत्र को ऑनलाइन भी दाखिल करेंगे चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार फार्म छब्बीस में थोड़ा बदलाव किया गया है जिसमें उम्मीदवारों से तीन अतिरिक्त जानकारी मांगी गयी है नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को पहली बार पिछले पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देते हुये आय की जानकारी देनी होगी साथ ही चल अचल संपत्ति के कॉलम में पति पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ अविभाजित पारिवारिक कॉलम को भी भरना होगा इस कॉलम में अविभक्त संपत्ति की सूचना उम्मीदवारों को देनी होगी इसके साथ ही उम्मीदवार अपने उपर चल रहे लंबित दोषी करार और बरी किये गये मामलों की जानकारी भी देंगे आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उम्मीदवार अगर फार्म छब्बीस का कोई भी कॉलम छोडेंगे तो उनका नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है उम्मीदवारों को अपनी अपराधिक रिकॉर्ड को तीन बार दैनिक समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रकाशित करना होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई इसमें लोकसभा चूनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की सुबह दो बजे तक चली बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज राजनाथ सिंह अरुण जेटली और किरेन रिजिजू भी शामिल थे श्री शाह के आज पार्टी की कोर कमेटी से मिलने की आशा है इसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की जा सकती है सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव समिति की कल फिर बैठक हो सकती है बाईस मार्च तक सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिए जाने की आशा है पटना जिले के चालीस अपराधियों पर क्राईम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिन अपराधियों पर सीसीए लगाया गया है उन्हें प्रतिदिन थानों में हाजरी देनी होगी उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च और इससे संबंधित कार्य पर नजर रखने के लिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक फ्लाइंग स्क्वायड और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने की सुविधा उनकी मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा चुनाव आयोग ने होली के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने को अपनी मंजूरी दे दी है इसके साथ ही रेलवे की मांग पर आयोग ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का भी आदेश जारी कर दिया है स्कूलों में साइबर अपराध से बचने के लिये प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी जिसमें छात्रों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी जायेगी इसके लिये केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक फॉर्मेट तैयार किया है इंटर परीक्षा दो हजार उन्नीस में शामिल होने वाले परिक्षार्थियों की सूची बिहार बोर्ड को नहीं भेजने वाले प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से इस आशय का निर्देश भेजा है बांका जिले के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय राम लाल शम्प्र ने छात्रा के अपहरण के आरोपी शिक्षक को दस वर्ष सश्रम कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी वहीं मधुबनी जिले में शराब रखने के आरोप में एक व्यक्ति को दस वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है दूसरी ओर लखीसराय जिले के त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने हत्या के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद और दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के नॉक आउट टीमों का नाम तय हो गया है जिसमें सेंट्रल जोन के पूल ए से जहानाबाद की टीम नॉक आउट में पहुंच गयी है जबकि खराब रन रेट के कारण पटना को बाहर होना पड़ा वहीं ईस्ट जोन का मुकाबला कटिहार में भागलपुर और पूर्णियां के बीच वेस्ट जोन का मुकाबला बेत्तिया में सारण और गोपालगंज के बीच जबकि सेंट्रल जोन में जहानाबाद और नालंदा के बीच वैशाली जिले में खेला जायेगा उधर असम के नालबरी में चल रही हैंडबॉल प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने बालक और बालिका वर्ग में अपने अपने मैच जीत लिये हैं भागलपुर जिले में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्रों से एक लाख अस्सी हजार रुपये और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है पुलिस हिरासत में लिये गये एक व्यक्ति से प्रछताछ कर रही है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में तीन पुलिसकर्मी समेत चार लोग घायल हो गये घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने वैशाली जिले में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुयी मुठभेड़ को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सोना लूट के सरगना समेत तीन मारे गये दैनिक भास्कर लिखता है वैशाली दियारा में मुठभेड़ देशभर में सोना लूटने वाले गिरोह के तीन अपराधी ढेर तीन गिरफ्तार दो एके सैंतालीस जब्त दैनिक जागरण ने मतदान से अड़तालीस घंटे पूर्व घोषणा पत्र अनिवार्य को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने भाजपा के प्रत्याशियों के नाम तय किये जाने की खबर पर लिखा है भाजपा ने तय किये नाम और सीटें अखबार आज की बड़ी खबर है सीट शेयरिंग महागठबंधन में आग

उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होने की संभावना